नाबालिग दवारा गाड़ी चलाने पर अभिभावक को कैद भी हो सकती है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नारनौल में चालीस करोड़ की आठ परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास किया

न्या मोटर वाहन कानून आज से लागू हो गया है जिसके तहत ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने पर लगाये जाने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी की जायेगी नए कानून के तहत लाल बती की उल्लघंना करने पर जुर्माना एक हजार रूपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये कर दिया गया है और बिना बैल्ट लगाए लगाए चलाने पर अब सौ रूपये की जगह एक हजार का जूर्माना देना होगा लापरवाही से गाड़ी चलाने पर अब एक हजार रूपये की बजाय पांच हजार रूपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हज़ार रूपये का जुर्माना अदा करना होगा लाईसैंस के बिना चलाने पर पांच हजार रूपये और बीमा प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रूपये जर्माना भरना होगा

इसके साथ ही वाहन का पंजीकरण भी रदद कर दिया जायेगा द्वपहिया वाहनों के लिए भी जुर्मानों की राशि को बढ़ाया गया है

निर्वाचन आयोग ने आज देशभर में न्या इलैक्टरस वेरीफीकेशन प्रोग्राम यानि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरूआत की

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्य को एक यूज़र नेम व पासवर्ड मिलेगा जिसके माध्यम से वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के मतदान पंजीकरण सम्बधी दस्तावेज़ों को अपलोड कर सकेगा जिसके बाद ये जानकारी खंड स्तरीय अधिकारी दवारा सत्यापित की जायेगी

इसके लिए निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली स्थित मुख्यांलय में एक कैंप भी आयोजित कियागया मुख्य च्नाव कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने सभी देश वासियों से इस सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की ताकि आयोग द्वारा आने वाले सभी चुनावों में बेहतर मतदान सेवायें उपलब्ध करवाई जा सके

इसके बाद लेंडर विक्रम आर्बिटर से अलग जो जायेगा रोवर प्रज्ञान को साथ ले जा रहा लैंडर सात सितम्बर को चन्द्रमां के दक्षिणी धूव पर धीरे धीरे उतरेगा आर्बिटर चन्द्रमा के ईद गिर्द लगभग एक वर्ष तक घूमेगा और चन्द्रमा के ऊपरी वाय्मंडल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया है कि बैंको के विलय व संयोजन के कारण किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जायेगा वितमंऋ ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सार्वजनिक बैंको का विलय चार में करना सरकार दवारा आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले वाले उपायों में से एक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नारनौल से अपनी जन आर्शीवाद यात्रा के मौके पर आठ परियोजनाओं में से चार का उदघाटन व चार का शिलान्यास किया

इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही इन बसों की खरीद की जाएगी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने कहा है कि खून पसीना बहाकर गली गली तथा गांव गांव में विभिन्न विकास कार्यो को करने वाले मनरेगा श्रमिकों को यदि सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाये तो ये गलत नहीं होगा देश की तरक्की मे इनका अहम योगदान है आज मनरेगा योजना के तहत फतेहाबाद इलाके की अनाज मंडी मे आयोजित जागरूकता सम्मेलन में स्मबोधित करते हये प्रदेशाध्यक्ष ने ये बात कही प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही छोटे कारोबारियों के लिए लघ् व्यापारी पेंशन योजना लागू की जायेगी इसके तहत साठ साल की आयु उपरान्त लाभार्थी को कम से कम तीन हजार रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जायेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि वन विभाग आपति दूर नहीं करता है तो यहां की जनता बाज़ार के भाव पर ज़मीन उपलब्ध कराये तो सरकार मनेठी में ही एम्स निर्माण के लिए तैयार है मुख्यमंत्री ने एम्स संघर्ष समिति की मांग पर इसके लिए एक कमेटी गठित करने की बात कही जन आर्शीवाद यात्रा के दसवें दिन बावल विधानसभा क्षेत्र के मनेठी गांव में जनसभा को सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार म्क्त प्रशासन दिया है तथ पारदर्शिता तरीके से कार्य हये है और इस इलाके को सबसे अधिक रोज़गार व विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार करतारपुर गलियारे का काम निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबदव है करताप्र गलियारे पर भारत व पाकिस्तान की तकनीकी बैठक के बाद गृहमंत्री ने ये आश्वासन दिया श्री शाह ने ग्रू ग्रंथ साहिब जी के प्रकाशोत्सव क सुअवसर पर लोगों को श्भकामनायें भी दी और कहा कि गुरू ग्रंथ साहिब की सिखाई सीख वैश्विक भाईचारे शांति और जीवन जीने के सही तरीके को प्रतिष्ठपित करती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कबड़डी कोच रामबीर सिंह खोखर को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कबड्डी टीम के पूर्व कोच रामबीर सिंह का आज रोहतक के पैतृक गांव कंसाला में ग्राम पंचायत की ओर सम्मान किया गया